ट्वीट संदेश में आज उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत आज विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ देखभाल कार्यक्रम बन गया है श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम ने अनेक भारतीयों विशेष रूप से निर्धन और दलित वर्गों का विश्वास जीता है उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए यह गर्व की बात है कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या दो वर्ष से भी कम समय में एक करोड़ को पार कर गई है प्रधानमंत्री ने सभी लाभार्थियों और उनके परिजनों को बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की उन्होंने कहा कि आय्ष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभ इसका सहज स्लभ होना है उन्होंने कहा कि इसके लाभार्थी देश के सभी भागों में उपचार की स्विधा का लाभ उठा सकते हैं भले ही उनका पंजीकरण किसी भी जगह हआ हो उन्होंने कहा कि इस स्विधा का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पंजीकरण अपने निवास स्थान पर कराया हो लेकिन वे काम करने के लिए देश के अन्य भागों में चले गए हों

आकाशवाणी से बातचीत में श्री पार्थिवन ने कहा की प्रदेश की आबादी और स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को देखते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई पोजिटिव मामला उभर कर आते है तो राज्य इन मामलों को संभालने के लिए सक्षम है उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण अस्पतालों में आई सी यू और वेनटिलेटर्स स्थापित किया गया है और आने वाले दिनों में ओर भी स्थापित किया जाएगा स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इंनटेनसिव कैयर यूनिट की ओर जरुरत पड़ने पर संबद्व विभाग अस्थायी और पोर्टेवल आई सी यू की स्थापना के लिए तैयार है

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट जैसी परीक्षाओं के अभ्यास के लिए यह ऐप तैयार किया है

देशभर के विदयार्थी जेईई नीट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप का उपयोग निश्ल्क कर सकेंगे इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि समय से यह श्रूआत यह स्निश्चित करने के लिए की गई है कि कोई भी विद्यार्थी अभ्यास परीक्षा से वंचित न रहे

रुकसिन एंट्री गेट के वाहन सैनिटाइजेशन टनल और स्क्रीनिंग केंद्र का भी श्री फेलिक्स ने निरीक्षण किया

बाद में श्री फेलिक्स ने प्रशासनिक अधिकारियों से कोविड स्क्रीनिंग केंद्र और सेनिटाईजेशन चैंबर के स्थायी संचना के निर्माण के वास्ते प्रस्ताव सौंपने को कहा

बैठक के दौरान देश के विभिन्न जोन से जिले में वापस आ रहे छात्रों और लोगों को संभालने और क्वारनटिन स्विधा के लिए रुपरेखा बनाने पर श्री सोना ने जोर दिया उन्होंने कोरोना वायरस से होने वाले हानि को रोकने के लिए पहले से ही हर चीज का स्धार करने पर बल दिया